मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन के मद्देनजर प्रदेश में टेस्टिंग और कोविड अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाने पर दिया बल कोविड महामारी के बीच फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रमों की शूटिंग फिर शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की जारी केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से सभी पात्र दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाने को कहा

देश में कोरोना संक्रमित लोगों की तुलना में लगभग सोलह लाख अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याणमंत्रालय ने कहा है कि कोविड रोगियों की संख्या कुल संक्रमित मरीजों के तेईस दशमलव दो चार प्रतिशत रह गई है कोविड मृत्यु दर भी दुनिया के अन्य देशों की तुलना में घटकर एक दशमलव आठ छह प्रतिशत पर आ गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड प्रभावित लोगों को सुचारू और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी दिन में दो बार बैठक करें और इस दौरान सामने आने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित करायें मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक बैठक की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में टेस्टिंग तथा कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने के लिए अग्रिम रणनीति तैयार करने के लिए कहा मुख्यमंत्री ने लखनऊ प्रयागराज कानपूर नगर गोरखपूर जनपद में संक्रमितों की संख्या को देखते हए यहां विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण के मददेनजर सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन न किये जाये केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्ष वर्धन ने कहा है कि देश इस वर्ष के अंत तक कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए वैक्सीन विकसित कर लेगा उन्होंने बताया कि कोविड नाइन्टीन के उपचार के लिए देश में बन रही तीन में से एक वैक्सीन मानव परीक्षण के तीसरे दौर में पहंच चुकी है

उनकी संख्या लगभग आधा दर्जन के करीब है उसमें से भी तीन जो हैं वो विशेष रूप से क्लिनिकल ट्रायल्स के फर्स्ट फोज सेकॅंड फोज थर्ड फोज तक पहुंच गये हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इसी साल के अंदर उनके रिजल्ट्स देश के और दुनिया के सामने आयेंगे और हमें सफलता मिलेगी कोविड नाइन्टीन पर राष्ट्रीय कार्यदल के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि तीसरे दौर में पहुची वैक्सीन के परीक्षण के उत्साहजनक परिणाम मिले हैं डॉ पॉल ने कहा कि अन्य दो वैक्सीन फिलहाल चिकित्सकीय परीक्षण के पहले और दूसरे चरण में हैं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोविड महामारी के दौर में फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रमों के निर्माण की मानक संचालन प्रक्रिया की कल घोषणा की श्री जावड़ेकर ने कहा कि फिल्म और टेलीविजन महत्वपूर्ण उद्योग है जिससे लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा है उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श के बाद फिल्म और टेलीविजन उद्योग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है अबफिल्म का हो या टीवी सीरियल का या कार्यक्रमों का शूटिंग कर सकते हैं उसके लिए सोशल डिस्टॅसिंग मास्क केवल कैमरा के सामने जो होगाकिरदार वो नहीं मास्क लगाएगालेकिन बाकी लोग जो प्रोडक्शन से जुड़ेहॉ वो मास्क लगाएंगेसोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे आज अंतर्राष्ट्रीयजो नॉर्मस एक तरह से हो गए हैंवो सब लागू किए हैं मुझे लगता है इससेबंद पड़ी इन्डस्ट्री को एक नई संजीवनी मिलेगी श्री जावड़ेकर ने बताया कि टेलीविजन कार्यक्रमों और फिल्मों की शूटिंग तथा निर्माण कार्य अब समूचे देश में शुरू किये जा सकते हैं उन्होंने कहा कि देश के कई भागों में इस उद्योग को पूरी तरह बंद कर दिया गया था और क्छ राज्यों में आशिक रूप से शूटिंग की अनुमति दी गई थी हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित इन दिशा निर्देशों में न्यूनतम कर्मचारियों का प्रावधान है फिल्म जगत ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है

केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर सभी पात्र दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दो हजार तेरह के अंतर्गत लाने को कहा है खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने कहा है कि सभी पात्र दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निर्धारित कोटे का खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए जिन लोगों को इस योजना के अंतर्गत अब तक शामिल नहीं किया गया है उनके लिए पात्रता के आधार पर नए राशन कार्ड बनाए जाएं कमजोर वर्ग को लाभ देनेके लिए अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों में दिव्यांगजनों को शामिल करना आवश्यक है सरकार का आत्मनिर्भर भारत पैकेज उन लोगों के लिए है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या राज्यों के सार्वजनिक वितरण कार्ड के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं आत्मनिर्भर भारत पैकेज में उन दिव्यागजनों को भी लाभ मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है यह योजना इकत्तीस अगस्त को समाप्त हो रही है रेलवे ने छह राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत छह लाख चालिस हजार से अधिक कार्य दिवस सृजित किए हैं ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड मध्यप्रदेश ओडिशा और राजस्थान रेलमंत्री पीयूष गोयल इन परियोजनाओं में हुई प्रगति और योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को दिए जा रहे काम के अवसरों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं इन राज्यों में एक सौ पैंसठ रेलवे ढांचागत परियोजनाए चलाई जा रहीं हैं रेल मंत्रालयका कहना है कि बारह हजार दो सौ छिहत्तर श्रमिक इस अभियान से जुड़े हुए हैं कोविड नाइन्टीन से प्रभावित बड़ी संख्या में अपने गृहनगर लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल जून में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के नाम से रोजगार सहित ग्रामीण लोक निर्माण अभियान की शुरूआत की थी इसके तहत टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पचास हजार करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रदृषित जलजनित और वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और इन क्षेत्रों में रोगों के उपचार के लिए समूचित औषधियों का पर्याप्त स्टॉक रखने के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि बाढग्रस्त क्षेत्रों में राहत पहंचाने के लिए लगायी गयी नौकायें पूर्णतयाः सुरक्षित हों और राहत शिविरों में रह रहे लोगों को सभी सुविधायें उपलब्ध करायी जाये तथा वहां सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाये श्री गोयल ने प्रदेश की बाढ स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि राज्य में सभी तटबन्ध सुरक्षित हैं तटों की लगातार निगरानी की जा रही है बाढ़ प्रभावित जनपदों में राहत कार्यो के लिए एनडीआरएफ की पन्द्रह टीमें तथा पीएसी की सात टीमें तैनात की गयी वहीं एक हजार से अधिक नावें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहंचाने के लिए लगायी गयी है कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के प्लाज्मा थेरेपी उपचार को बढ़ावा देने के लिए कल बस्ती मण्डल में एक वेबिनार का आयोजन किया गया इसमें प्रदेश के सिद्वार्थ विश्वविद्यालय के साथ साथ अन्य शिक्षण संस्थान भी जुड़े

वेबिनार की अध्यक्षता सांसद जगदम्बिकापाल ने की